राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी संकमण रोकने के लिए सहयोग की अपील की

धार्भिक स्थल से जुड़ी समितियों दुकानदारों और श्रद्वालुओं ने सरकार का जताया आभार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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में ट्वीटर के माध्यम से जन आंदोलन अभियान का शुभारम्भ किया आने वाले त्योहारों और सर्दी के मौसम तथा आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से कोरोना संक्रमण से संघर्ष में एकजुट रहने की अपील की उन्होंने हमेशा मास्क लगाने हाथों की साफ सफाई रखने और दो गज की दूरी के नियम का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड से संघर्ष एक जन आंदोलन है और इसे कोविड योद्वाओं के समर्पण से शक्ति मिली है उन्होंने कहा कि हमारे सामूहिक प्रयासों से अनेक लोगों की जान बचाई जा सकी है श्री मोदी ने कहा कि हमें अपने प्रयासों की यह गति बनाये रखनी होगी और इस घातक संक्रमण से लोगों का बचाव करना होगा

इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों के बचाव के सभी उपाय सुनिश्चित करने को कहा

इसके साथ ही इस संकमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार बढोत्तरी हो रही है राज्यभर में अबतक नवासी हजार सात सौ दो के मुकाबले उन्यासी हजार एक सौ छिहतर मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर अठासी दशमलव दो छह प्रतिशत हो गयी है कल राज्य में आठ सौ उनतीस नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई जबकि एक हजार सतासी संक्रमित मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट के अनुसार अभी नौ हजार सात सौ उनसठ सकिय मामले हैं इन संक्रमित लोगों का इलाज विभिन्न कोविड अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है अबतक राज्य में सात सौ सड़सठ लोग इस संक्रमण से जान गंवा चुके हैं में भे झारखंड में आज से कंटेन्मेंट जोन के बाहर शर्तों के साथ सभी प्रकार के धार्मिक स्थल खोल दिये गये

धार्मिक स्थलों पर एक साथ पचास लोगों के रहने की ही अनुमति होगी हर हाल दो गज की दूरी का पालन और धार्मिक स्थलों में जाने वाले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा मंदिरों में प्रसाद का वितरण करने की अनुमति नहीं होगी

धर्मग्रथों मूर्तियां और घंटियों को छूने पर मनाही होगी कहीं भी मेला और कोई भी जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी धार्मिक स्थलों पर प्रवेश से पहले अपने हाथ और पैर की सफाई सुनिश्चित करनी होगी इधर आज सुबह रामगढ़ जिले में स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर चतरा जिले के इटखोरी में मां भद्रकाली मंदिर श्रद्वालुओं के लिए खोल दिया गया देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम को भी नये दिशा निर्देशों के साथ श्रद्वालुओं को लिए खोल दिया गया मंदिर के पुजारियों और उससे जुड़े दुकानदारों और व्यवसाइयों ने भी राज्य सरकार के प्रति आभार जताया है राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना संकमण के इलाज की नयी दर तय की है अब एक दिन में अधिकतम बारह हजार रूपये ही देने होंगे पहले यह दर एक दिन में अठारह हजार रूपये थी श्रेणी ए में आनेवाले अस्पतालों में न्यूनतम साढ़े सात हजार और अधिकतम बारह हजार रूपये प्रतिदिन इलाज की नई दर तय की गई है जबकि श्रेणी बी के जिलों में न्यूनतम साढ़े छह हजार और अधिकतम ग्यारह हजार रूपये जबकि श्रेणी सी के जिलों में इलाज के लिए निजी अस्पताल न्यूनतम पांच हजार रूपये से लेकर साढ़े दस हजार रूपये अधिकतम राशि ले सकेंगे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि इस बार जांच और कई सुविधाओं को नई दर में शामिल किया गया है

वहीं देश में मृत्यु दर एक दशमलव पांच चार प्रतिशत है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

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि श्री मोदी ने शासन और प्रमुख क्षेत्रों में सुधार किए तथा सरकार को भ्रष्टाचार से मुक्त किया श्री जावडेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को उंचा उठाया

इतने वर्षों में श्री मोदी ने सामान्य लोगों के जीवन का स्तर बढ़ाया

में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के अनुरूप जमशेदपुर की टेल्को निवासी ममता झा ने कोविड महामारी के दौरान जूट की थैली और मास्क में मधुबनी और मिथिला कला को पेंटिंग के माध्यम से उकेर कर अपने हुनर को नई पहचान दी है इसके साथ ही उन्हें आय प्राप्त करने की आत्मनिर्भरता भी प्राप्त कर ली आज उनके बनाये मास्क की मांग झारखंड और देश के अन्य शहरों से आ रही रही है उन्होंने बताया कि इससे मिथिला पेंटिंग का प्रचार प्रसार हो रहा है

सभी की गिरफ्तारी कल देर रात हुई सभी उग्रवादी रांची में किराएदार बनकर रह रहे थे पुलिस के अनुसार सभी उग्रवादी जमीन कारोबारियों से रंगदारी लेने के लिए कुछ महीने से राजधानी के शहरी और ग्रामीण इलाके में किरायेदार के रूप में रह रहे थे इन उग्रवादियों को सदर सुखदेव नगर और चुटिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है पुलिस गिरफ्तार उग्रवादियों की निशानदेही से रांची सहित अन्य जिलों में भी छापेमारी कर रही है इनके पास से आठ हथियार और गोलियां सहित अन्य सामान बरामद किया गया है एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कांके में छापेमारी की

चतरा जिले के पत्थलगड़ा सिमरिया सीमा पर स्थित भूराही नदी में आई अचानक बाढ़ में एक ट्रैक्टर समेत उसपर सवार तीन लोग फंस गए तीनों को ग्रामीणों के सहयोग से रेस्क्यू अभियान चलाकर बचाया गया

गाजियाबाद स्थित वायुसेना के हिंडन एयरबेस में वायुसेना दिवस परेड समारोह का मुख्य आकर्षण विभिन्न विमानों का शानदार प्रदर्शन है इस मौके पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने वायू सेना के सभी कर्मियों को श्भकामनाएं दी हैं ट्वीट में श्री कोविंद ने कहा कि राफेल अपाचे और चिन्क को शामिल करने के साथ आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भारतीय वायुसेना को और भी अधिक सामरिक बल देगी

समाप्त